राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने प्रदेश में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पदों को शीघ्र भरने के दिए निर्देश और राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा की रक्षा मंत्री से शिमला से आर्मी ट्रेनिंग कमांड को स्थानातंरित न करने की मांग मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज निदरलैंड को प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश का न्यौता दिया मुरव्यमंत्री ने निदरलैंड के एमस्टरडैम में कृषि प्रकृति और खाद्य गुणवत्ता मंत्रालय की महासचिव जेन कीस गोएट से कृषि बागवानी और संबंद्व क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा के दौरान ये न्यौता दिया मुख्यमंत्री ने गोएट को हिमाचल में फल उत्पादन की व्यापक क्षमताओं के बारे में जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां फल व खाद्यान्न प्रसंस्करण में निवेश की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं उन्होंने ये भी कहा कि निदरलैंड में जल प्रबंधन और कृषि तथा बागवानी में कम भूमि का उपयोग करके उन्नत पद्धतियों को अपनाया है जो हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है

विपिन सिंह परमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन से मुलाकात के दौरान ये आग्रह किया उन्होंने प्रदेश में सात अन्य ट्रामा सेंटर स्थापित करने के लिए तीन करोड़ रुपये की राशि प्रत्येक केंद्र को मंजूर करने का भी आग्रह किया

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरीयाल निशंक से मुलाकात की राज्यपाल ने उन्हें बधाई देते हुए उनके सफल और उज्जवल कार्यकाल की कामना की डीसी शिमला सर्दियों में प्राकृतिक आपदाओं और बर्फबारी के कारण शिमला ज़िला में हुए नुकसान का आज केंद्रीय दल ने जायजा लिया इस दल ने केंद्र सरकार में कृषि निदेशक एमएन सिंह निदेशक व्यय एससी मीणा और केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग में उप सचिव एसएस मोदी शामिल थे उपायुक्त अमित कश्यप ने ये जानकारी देते हुए कहा कि इस दल ने खड़ापत्थर में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक में वस्तुस्थिति का जायजा लेकर नुकसान का आंकलन किया दल ने ज़िले के नुकसान प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया

किन्नौर के मूरंग के पास आज सुबह एक जीप सतलुज नदी में गिर गई इस दुर्घटना में दो लोगों के मारे जाने की आशंका है इधर शिमला जिला के ननखड़ी थाना के तहत बतनाल नामक स्थान पर आज एक जीप के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र राजकीय महाविद्यालय संजौली की नई वैबसाईट का श्भारम्भ किया शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस वैबसाईट के शुरू होने से महाविद्यालय के विद्यार्थियों को ऑनलाईन पंजीकरण की सुविधा मिलेगी इस वैबसाईट के माध्यम से एक विद्यार्थी एक से ज्यादा फार्म भर सकता है उन्होंने कहा कि संजौली महाविद्यालय विद्यार्थियों को कैशलेस और पेपरलैस सुविधा उपलब्ध करवाने वाला प्रदेश का पहला कॉलेज है वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाने के लिए प्रभावी प्रयास कर रहे हैं उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है और इसके सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे वीरेंद्र कंवर पिपलु मेले के दूसरे दिन एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कंवर ने इस मौके पर कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं इसी के दृष्टिगत कुटलैहड़ पर्यटन विकास सोसायटी का गठन किया गया है उन्होंने ये भी कहा कि गोबिंद सागर झील में जलक्रिडाएं और हाउस बोट जैसी सुविधाएं जुटाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी का त्यौहार आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया इस मौके पर प्रदेश में जगह जगह मीठे पानी की छबीले लगाई गई और फल भी बांटे गए शिमला में विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने इस मौके पर शहर में जगह जगह छबीले लगाई सोलन में छबीलों के साथ साथ खरबूज व तरबूज राहगीरों में बांटे गए उधर प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में इस मौके पर छबील लगाई गई बोर्ड अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी सचिव हरीश गज्जू और कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम मे मौजूद रहे निर्जला एकादशी के दिन लोग निराहार उपवास रखते हैं और व्रत में पानी तक भी ग्रहण नहीं करते कुल्लू में आज के दिन को जल विहार उत्सव के रूप में मनाया गया इस मौके पर भगवान रघुनाथ जी को मंदिर से बाहर लाया गया और एक कुंड में स्नान करवाया गया जाला राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई ज़ाला ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं में रिक्त पड़े सफाई कर्मचारियों के पद शीघ्र भरने के प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं जाला ने प्रदेश सरकार को सिर पर मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम को सख्ती से लागू करने को भी कहा जाला आज शिमला में मुख्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और विभिन्न विभागाध्यक्षों के साथ सफाई कर्मचारियों के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने सफाई कर्मचारियों की करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश भी दिए मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने इस मौके पर राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए लागू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र का योजनाबद्व विकास उनकी प्राथमिकता है धर्मपुर के संधोल और मढ़ी में जनसमस्याएं सुनने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की प्रगति को लेकर लोगों की उम्मीदों को पूरा करने और खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है उन्होंने कहा कि मढ़ी क्षेत्र में नई उठाऊ सिंचाई योजना का काम युद्व स्तर पर चल रहा है इसके पूरा हो जाने पर क्षेत्र में कृषि गतिविधियों में और तेजी आएगी उन्होंने ये भी दावा किया धर्मपुर क्षेत्र के गावों में निर्बाध बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्य सभा में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला को मेरठ स्थानातंरित करने के प्रस्ताव का विरोध किया है आनंद शर्मा ने अपने पत्र में कहा है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला को बिना किसी औचित्य के शिमला से बाहर स्थानातंरित करना सही नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रस्ताव से जहां बेवजह भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा वहीं शिमला के साथ भी ये फैसला न्याय संगत नहीं होगा आनंद शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से इस मामले में तुरंत दखल देने और आर्मी ट्रेनिंग कमांड को शिमला से बाहर स्थानातंरित करने के प्रस्ताव को तुरंत रद्द करने की मांग की है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर ज़िला प्रशासन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने को कहा है ताकि जिले के दूरदराज के इलाकों से भी लोग नाहन में प्रस्तावित योग शिविर में हिस्सा लेने आ सकें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिंदल ने कहा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी योग दिवस के मौके पर भव्य समारोह आयोजित होगा जिसमें लोगों को स्वस्थ व निरोग रहने के लिए योग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी बादल फटा चंबा ज़िला के जांधी पंचायत में बीती रात हुई बादल फटने की घटना में व्यापक नुकसान हुआ है इस घटना में लगभग आधा दर्जन घरों में मलबा घुस गया और कई दुकाने भी इसकी चपेट में आ गई प्राथमिक स्कूल जांधी का परिसर भी मलबे और कीचड़ से भर गया है जिस कारण स्कूल में आज छुट्टी घोषित करनी पड़ी